प्रदेश सरकार आयकर अदा करने वाले उपभोक्ताओं को खाद्य सामग्री पर नहीं देगी सब्सिडी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने किसान बिल को मात्र पूंजीपतियों के हित में बताया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

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई अभी जारी है ऐसे में सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है राज्यपाल ने लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह किया है

खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने हमीरपुर के झनियारी में डिपो संचालक समिति के सम्मेलन में कहा कि ऐसे उपभोक्ताओं को डिपो से उसी कीमत पर खाद्य सामग्री मिलेगी जिस कीमत पर सरकार खरीदेगी उन्होंने कहा कि डिपो संचालकों व सहकारी सभाओं की समस्याओं के समाधान के लिए उचित निर्णय लिया जाएगा

महिला सुरक्षा केन्द्र ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों से निपटने के बारे में राज्यों को नया परामर्श जारी किया है गृह मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध में दण्ड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी के तहत अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए किसी अपराध के सिलसिले में जीरो एफआईआर दायर करने का भी अधिकार है मंत्रालय ने कहा है कि नियमों के पालन में कोई चूक नजर आने पर इसकी जांच की जानी चाहिए और इसके लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि शिमला के आईजीएमसी में स्थापित पेन एंड पैलीएटिव इकाई को और विकसित करने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी विश्व हॉस्पिस व पैलीएटिव दिवस के अवसर पर आईजीएमसी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही उन्होंने कहा कि यहां इस इकाई का गठन हाल ही में किया गया है और भविष्य में इसे और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा ताकि ये पूर्ण विकसित विभाग के रूप में अपनी सेवाएं दे सके सैजल मानसिक रोग व पुनर्वास अस्पताल बालुगंज का दौरा भी किया और मरीजों का हालचाल जाना उन्होंने इस अस्पताल में खाली पदों को जल्द भरने का आश्वासन भी दिया

इसमें ज्यादातर राशि गंभीर रूप से बीमार रोगियों के उपचार के लिए आबंटित की गई बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार पिछले अढ़ाई वर्षो से स्वर्णिम हिमाचल के निर्माण का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में करोड़ों की लागत से सड़कों के निर्माण व सुधारीकरण का कार्य तेज गति से किया जा रहा है कांग्रेस शुक्ला प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने केन्द्र द्वारा पारित किसान बिल को मात्र प्रंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला बताया है मंडी में कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों के हित को देखते हुए इस बिल को खारिज किया जाएगा उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केन्द्र सरकार को इस बिल के संबंध में जो सुझाव दिए थे उसे स्वीकार नहीं किया गया

विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर अटल टनल रोहतांग का झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया उन्होंने टनल के पास शिलान्यास व लोकार्पण दोनों की पट्टिकाएं समानांतर न लगाने पर भी एतराज जताया इससे पूर्व किसान बिल के विरोध में मंडी शहर में एक ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कांग्रेस पर मंडी में आयोजित किसान सम्मेलन के नाम पर अन्शासनहीनता व सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अटल टनल रोहतांग पर ओछी राजनीति कर रहे हैं जबकि इस टनल का कार्य पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू हुआ उन्होंने कहा कि वाजपेयी की सोच को वर्तमान केन्द्र व राज्य की भाजपा सरकार ने मूर्त रूप दिया है उन्होंने कांग्रेस पर किसान बिल को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि इस बिल से किसानों को बिचौलियों से निजात मिलेगी

इनमें नूरपुर कांगड़ा पालमपुर देहरा सुंदरनगर और कुल्लू के ज़िला कार्यालय शामिल हैं शिमला में इस संबंध में आज हुई एक बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि ये शिलान्यास कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से किए जाएंगे उन्होंने कहा कि इन शिलान्यास कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मंत्री विधायक व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे

दुर्घटना कुल्लू ज़िले की मणिकरण घाटी के सुमारोपा में एक पर्यटक के पार्वती नदी में फिसल कर बहने का समाचार है पर्यटक की पहचान दिल्ली निवासी रविन्द्र सिंह के रूप में हुई है पुलिस ने मामला दर्ज कर इस व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है

उन्होंने कहा कि जिले में सेब का सीजन सामान्य चला हुआ है और किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना से बचाव के लिए लोगों से सतर्क रहने की अपील की प्रदेश सरकार आयकर अदा करने वाले उपभोक्ताओं को खाद्य सामग्री पर नहीं देगी सब्सिडी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने किसान बिल को मात्र पूंजीपतियों के हित में बताया

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ